तीन आसान उपायों का पालन करें और स्रक्षित रहें

प्रदेश कोविड प्रदेश में भी कोविड संक्रमण दर में कमी आ रही है

शिवपुरी जिले किल कोरोना अभियान के तहत प्राथमिक दलों द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है

राज्यपाल दौरा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चार दिवसीय प्रवास पर होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में हैं इससे पहले होशंगाबाद में राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ कोविड नियंत्रण के लिए किए गए उपायों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने कोविड नियंत्रण के रिसर्च के लिए सभी उम्र वर्ग के मरीजों पर कोरोना के संक्रमण के बाद हुए असर का डाटा रखने का सुझाव दिया

इस दवा को रक्षा अन्संधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा

ब्लैक फंगस इंजेक्शन महाराष्ट्र में वर्धा स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरासीन बी इंजेक्शन बनाने की मंजूरी मिल गयी है

मौसम विभाग ने कहा कि इसमें चार दिन का अंतर हो सकता है केरल में आमतौर पर मॉनसून पहली जून को पहंचता है

इससे पहले यमुनोत्रि मंदिर के कपाट कल खोले गए थे